तीन जून को जोरहाट से मेचुका के लिए उड़ान भरने के बाद विमान लापता हो गया था बाद में नौ दिनों तक खोजबीन के बाद विमान के मलबे को सियांग जिले के पारी आदि पहाड़ीयों के पास देखा गया था पद्रह सदस्यीय रिकवरी टीम को कल घटनास्थल से कुछ दुरी पर हेलिकप्टर के जरिए उतारा गया था जो आज सुबह दुर्घटनास्थल तक पहुँच सकी मंत्रिमंडल ने आधार और अन्य कानून संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस को मंजूरी दे दी है यह विधेयक आधार और अन्य कानून संशोधन अध्यादेश दो हजार उन्नीस का स्थान लेगा यह विधेयक सार्वजनिक हितों को पूरा करने में यूआईडीएआई को एक मजबूत तंत्र प्रदान करेगा इससे आधार के दुरुपयोग पर रोक लगेगी इस संशोधन के बाद किसी व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए तबतक आधार नंबर या प्रमाणीकरन का नंबर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा जब तक कि ऐसा करना संसद द्वारा पारित किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो बैंक खाता खुलवाने में आम लोगों को सुविधा प्रदान करते हुए प्रस्तावित संशोधनों में प्रमाणीकरण हेतु आधार नम्बर उपलबध कराना स्वैच्छिक कर दिया गया है विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा जापान सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में चल रही कई वर्तमान और नयी परियोजनाओं में तेरह हजार करोड़ रुपये निवेश करने का निर्णय लिया है प्रर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में वहां के राजद्रत केनजी हिरामत्सू के नेतृत्व में जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद यह जानकारी दी इनमें असम में गुवाहाटी जल आपूर्ति परियोजना और जलमल परियोजना असम और मेघालय में सड़क संपर्क को सुधारने की परियोजना सिक्किम में जैव विविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना तथा त्रिप्रा में सतत वन प्रबंधन परियोजना तथा त्रिपुरा में सतत वन प्रबंधन परियोजना सहित कइ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है डॉक्टर सिंह ने पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और बदलाव में जापानी सहयोग की सराहना की राजधानी क्षेत्र ईटानगर में वाहनों के संचालन में नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त अभियान चलाया गया इस दौरान राज्य सचिवालय के निकट अधिकारियिओं ने वाहनों के कागजों की जांच पड़ताल की हाल ही में गृहमंत्री बामंग फेलिक्स ने भी राजधानी में ट्रैफिक को लेकर अपनी चिंता प्रकट की थी इससे पहले भी स्थानीय पुलिस प्रशासन कई बार गलत पार्किंग पर वाहनों का चालान कर चुका है उपमुख्यमंत्री चाउना मैन ने कल राज्य सचिवालय में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने एस बी आई द्वारा दर्शकों से राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने की सराहना की उन्होंने एस बी आई पुर्वोत्तर के महाप्रबंधक से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं का विस्तार करने और आवश्यकता अनुसार एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करने का भी अनुरोध किया उपमुख्यमंत्री ने सरकार की क्रेडिट लिंक स्कीम में उद्यमी व्यवसायकों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षित युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी जोर दिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एन ट ए द्वारा इग्नों की एनबीए और बी एड कार्यक्रम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी यह परीक्षा देशभर के एक सौ से अधिक शहरों में इस वर्ष सत्ताईस जुलाई को आयोजित किया जाएगा एन डी ए द्वारा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराता आ रहा है ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का अंतिम तारीख एक जुलाई है